हरियाणा के कुरूक्षेत्र में आज मंत्र उच्चारण और शंखनाद के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज़ हआ हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि गीता का दिव्य संदेश राष्ट्र समाज व प्राणी मात्र के कल्याण व उन्नति का आधार है वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा नहीं रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है

बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

हरियाणा के कुरूक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज़ आज मंत्रोच्चारण और शंखनाद के साथ हआ

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन और क्रूक्षेत्र विकास बोर्ड की तर फ से स्रक्षा और व्यवस्था के तमाम प्ख्ता इंतजाम किये गये है

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरूक्षेत्र में दिया गया गीता का दिव्य संदेश निष्काम कर्म का एक ऐसा दर्शन है जो राष्ट्र समाज व प्राणी मात्र के कल्याण और उन्नति का आधार है यह सन्देश आज भी प्रासंगिक है

वेबिनार से जुड़ते हए राज्यपाल ने कहा कि गंगा के जल से तो मुक्ति प्राप्त होती है वाराणसी की भूमि और जल में मोक्ष देने की शक्ति है परन्त् क्रूक्षेत्र के जल थल और वाय् तीनों ही म्क्ति प्रदता हैं हिमाचल प्रदेश के म्ख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने क्रूक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आगाज़ के मौके कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश आज भी प्रे विश्व के लिए प्रासंगिक और तर्कसंगत है

उन्होंने कहा कि ब्रह्मसरोबर की फिज़ाओं और गीत यज़ के लिए सजाये गये पांच कंडो और मंत्रोच्चारण की वाणी से काफी प्रसन्नता हई उन्होंने बेहतरीन आयोजन के लिए हरियाणा सरकार व प्रशासन को बधाई भी दी श्री ठाक्र ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है उनकों क्रूक्षेत्र की पावन धरा पर आने का अवसर मिला है उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस महोत्सव का आयोजन करके आज के भौतिकवादी युग में संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखने का काम कर रही है आज प्रगति और आध्निकता की इस दौड़ में हम अपने इतिहास संस्कृति और संस्कारों को भूलते जा रहे है इस प्रकार के महोत्सवों से हमे अपने इतिहास और संस्कृति से आत्मसात करने का अवसर मिलता है एक प्रशन का जवाब देते हये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पवित्र ग्रंथ गीता के बारे में महोत्सव का आयोजन करने पर विचार विमर्श किया जायेगा उन्होंने कहा कि यह पवित्र ग्रंथ हरियाणा हिमाचल तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सर्वव्यापी ग्रंथ है और इससे पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा का आज नई दिल्ली मे एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

दो दिन पहले मूत्र नली के संक्रमण के कारण उन्हे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था मोती लाल वोरा छ बार मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए चुने गये और वो दो बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे वे चार बार राज्यसभा तथा एक बार लोकसभा के सदस्य भी चूने गये वे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हये कहा कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिन्हें बड़ा संगठनात्मक एवं प्रशासकीय अनुभव था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा के निधन पर गहरा शोक व्यकत किया है एक टवीट में श्री कोविंद ने कहा कि वे एक विनम शख्सियत थे और उन राजनीतिक नेताओं की पीढ़ी से सम्बधित थे जिन्होंने पूरे समपर्ण के साथ राजनीति की राष्ट्रपति ने उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है कांग्रेस नेता राहल गांधी ने भी कहा है मोती लाल वोरा एक सच्चे कांग्रेसी थे और पार्टी को उनकी कमी खलती रहेगी हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को अंतर राज्यीय सीमाओं पर नाकाबंदी कर अन्य राज्यों से आने वाले तय सीमा से ज्यादा लदे खनन वाहनों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिये है उन्होंने साथ ही क्रशर ज़ोन के आगमन और बाहर जाने वाले रास्ते पर नाका लगाने के निर्देश भी दिये है श्री विजय वर्धन ने आज वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सभी जिला आय्क्तों परिवहनखनन और प्लिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किये म्ख्यसचिव ने कहा कि इन वाहनों से हरियाणा को राजस्व का भी न्कसान हो रहा है

पर्यटन निगम के प्रंबधक निदेशक आर एस वर्मा ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते फरवरी माह में सूरजकंड मेला नहीं लगेगा

श्री वर्मा ने रोहतक में तिलयार पर्यटन केन्द्र का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत मे यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण हरियाणा में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेशभर के सभी पर्यटन केन्द्रों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है क्रिसमस व नव वर्ष को देखते हये पर्यटन निगम के रेस्तरां मे आने वाले ग्राहको को विशेष छूट दी जायेगी

इस आरोपी को हिसार के एक होटल से गिरफ्तार किया गया